केन्द्र सरकार ने देश में कोविडवैक्सीन की कमी की खबरों का किया खंडन राज्यों से विभिन्न शीत भंडार श्रृंखलाओं में वैक्सीन की उपलब्धता की समीक्षा और मांग के अनुरूप उचित व्यवस्था करने का किया आग्रह प्रदेश में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमण के मामले पिछले चौबीस घंटों में अट्ठारह हजार इक्कीस नये मामले सामने आये भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की जयंती आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जयंती कार्यक्रमों में लोगों से सोशल डिस्टैन्सिंग बनाए रखने की अपील की कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न त्यौहारों और पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए व्यापक कार्य योजना बना कर कोविड प्रोटोकॉल का पूर्ण पालन कराने के निर्देश दिये हैं

उन्होंने कहा कि सर्वाधिक संक्रमण प्रभावित जनपदों लखनऊ कानपुर नगर वाराणसी तथा प्रयागराज जनपद में विशेष ध्यान देते हुए चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाये

मुख्यमंत्री ने प्रत्येक नगर स्थानीय निकाय और गांवों में स्वच्छता सैनिटाजेशन और फागिंग के कार्य को युद्ध स्तर पर संचालित करने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के साथ साथ विभिन्न संचारी रोगों की रोकथाम में भी मदद मिलेगी उन्होंने कहा कि रोडपेज की बसों को नियमित रूप से सेनिटाइज किया जाये और बसों में निर्घारित क्षमता के अनुरूप ही यात्रियों को बैठाया जाये उन्होंने प्रमुख चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से जागरूकता का कार्य प्रभावशाली ढंग से प्रसारित करने के लिये भी कहा देश में ग्यारह से आज चौदह अप्रैल तक टीका उत्सव मनाने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर कोविड टीकाकरण अभियान में बहत तेजी आई है विशेष टीकाकरण अभियान के दूसरे दिन आज देशभर में चालीस लाख से अधिक टीके लगाए गए सबसे बडे और तेज टीकाकरण कार्यक्रमके शुरू होने के सत्तासीवें दिन देश में टीकाकरण केन्द्रों की कुल संख्या में भी काफी बढोत्तरी हुई है और यह पैतालीस हजार से बढकर इकहत्तर हजार हो गई है कार्यस्थलों में कोविड टीकाकरण केन्द्रों में भी बड़ी संख्या में लोग टीके लगवा रहे हैं अब तक देशभर में दस करोड पचासी लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव राजेश भूषण ने राज्यों से आग्रह किया कि वे विभिन्न आपूर्ति श्रंखलाओं में वैक्सीन की उपलब्धता की समीक्षा करें और मांग के अनुरूप आपूर्ति की उचित व्यवस्था करें केंद्र ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तेरह करोड दस लाख से अधिक टीके उपलब्ध कराए है श्री भूषण ने वैक्सीन की बर्बादी पर चिंता प्रकट की है श्री भूषण ने बढते कोरोना संक्रमण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कोविड मरीजों की संख्या में लगातार वृद्वि हो रही है उन्होंने बताया कि केंद्र स्थिति पर काबूपाने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ मिलकर कामकर रहा है स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि लगभग तिरपन केंद्रीय दल कोविड रोगियों की अधिक संख्या वाले जिलों में मौजूद हैं और संक्रमण को फैलने से रोकने में राज्यों की सहायता कर रहे हैं

पहले चरण में जिन जनपदों में चुनाव होना है वे है सहारनपुर गाजियाबाद रामपुर बरेली हाथरस आगरा कानपुर नगर झांसी महोबा प्रयागराज रायबरेली हरदोई अयोध्या श्रावस्ती संतकबीरनगर गोरखपुर जौनपुर और भदोही राज्य निर्वाचन आयक्त ने मतदान केन्द्रों पर कोविड संक्रमण से बचाव के लिये कोविड दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये हैं उन्होंने बताया कि मतदान केन्द्रों में सैनिटाइजेश्न सहित आवश्यक चिकित्सीय सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के चुनाव के लिये नामांकन प्रक्रिया कल से शुरू हो गई है

देश आज प्रमुख संविधान शिल्पी भारत रत्न डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर उनके एक सौ तीसवीं जयंती पर श्रद्वा सुमन अर्पित कर रहा है डॉक्टर आम्बेडकर का जन्म चौदह अप्रैल अट्ठारह सौ इक्यानबे को मध्यप्रदेश के इंदौर के महू में हुआ था न्यायवादी अर्थशास्त्री राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर समाज के वंचित वर्गो के मसीहा थे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डाक्टर भीमराव आम्बेड़कर की जयंती पर लोगों को श्भकामनाएं दी हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहेब की जयन्ती पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं उन्होंने अपील की है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए लोग बाबा साहेब के जयंती कार्यक्रमों में सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज दिन में ग्यारह बजे भारतीय विश्वविद्यालय संघ के पन्वपनबवें वार्षिक सम्मेलन और कुलपतियों के राष्ट्रीय सेमीनार को सम्बोधित करेंगे इस अवसर पर श्री मोदी बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर के जीवन पर किशोर मकवाना की लिखी चार पुस्तकों का विमोचन भी करेंगे पुस्तकों के नाम हैं डॉक्टर आम्बेडकर जीवन दर्शन डॉक्टर अम्बेडकर व्यक्ति दर्शन डॉक्टर आम्बेडकर राष्ट्र दर्शन और डॉक्टर आम्बेडकर आयाम दर्शन इस कार्यक्रम का आयोजन अहमदाबाद के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है मां भगवती की आराधना का पर्व वासंतिक नवरात्र कल से शुरू हो गये है नौ दिनों तक चलने वाले नवरात्र पर्व के पहले दिन कल भक्तों ने घरों में कलश स्थापना कर माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना की मंदिरों में पूजा अर्चना के लिये कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार विशेष व्यवस्था की गई है मंदिरों मे एक बार में सिर्फ पांच लोगों को ही प्रवेश दिया जा रहा है नवरात्र के दसरे दिन आज मॉ ब्रम्हचारिणी के दर्शन पूजन का विधान है प्रदेश के सभी देवीमंदिरों में भक्तजन कोविड नियमों का पालन करते हुए ब्रम्हमुहूर्त से ही माता के दर्शन पूजन कर रहे हैं इबादत का महीना रमजान आज से शुरू हो गया है कोविड महामारी को देखते हुए विभिन्न मुस्लिम संगठनों ने तरावी की नमाज मस्जिदों में अदा करने के लिए गाइडलाइन जारी की है लखनऊ ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा है कि सभी लोग रमजान में कोविड गाइड लाइन का पालन करें और कोशिश करें कि अपने घरों में ही रह कर इबादत करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पवित्र रमजान माह के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बघाई और श्भकामनाएं दी हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि रमज़ान के पवित्र दिनों में रोज़ा मानवता की सेवा ईश्वर की बन्दगी जैसे नेक कार्यो से धैर्य आत्म अनुशासन सहनशीलता सादगी जैसे मूल्यों को बढ़ावा मिलता है इससे परस्पर प्रेम और भाईचारे की भावना बलवती होती है